भोपाल सहित कई जिलों में दिन में गर्मी तो रात में अभी भी महसूस की जा रही सर्दी

वे वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव कारखाने में डीजल से बिजली प्रणाली में परिवर्तित पहले रेल इंजन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे श्री मोदी बनारस हिंदू विश्विव्द्यालय में नवनिर्मित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे इस अस्पताल में उत्तरप्रदेश झारखण्ड बिहार और उत्तराखण्ड के साथ नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के कैंसर रोगियों को भी किफायती इलाज उपलब्ध हो सकेगा प्रधानमंत्री लहरतारा में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उदघाटन भी करेंगे दोनों कैंसर अस्पतालों के उदघाटन से वाराणसी कैंसर से जुड़ी बीमारियों के गुणवत्तापूर्ण उपचार और देखभाल का महत्वपूर्ण केन्द्र बन जाएगा प्रतिबंध भारतीय फिल्मकारों की संस्था ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने फिल्म उद्योग में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है मुम्बई में कल एक बयान में एसोसिएशन के महासचिव रोनक जैन ने बताया कि ऐसे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो पाकिस्तानी कलाकारों को काम देना जारी रखते हैं पुलवामा में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की निन्दा करते हुए एसोसिएशन ने कहा कि इस तरह के आतंकवादी हमलों के खिलाफ वे सभी एकजुट हैं मुख्यमंत्री सलाह प्रदेश में स्कूली बच्चों की परीक्षाओं की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें धैर्य के साथ काम करने की सलाह देते हुए कहा है कि वे अपना अध्ययन संबंधी कार्य पूरी ईमानदारी से करें मुख्यमंत्री ने अपने एक संदेश में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है बच्चों ने साल भर पूरे मनोयोग से तैयारी की है जिससे सफलता निश्चित है बच्चों को परीक्षा में शामिल होते हुए मन शांत और आत्मविश्वास मजबूत रखना चाहिए बच्चों को धैर्य के साथ सवाल का जवाब देना चाहिए और कोशिश तय समय में जवाब देनी की होना चाहिए उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ रहा हो तो बच्चों को परेशान होने की बजाए जो शेष प्रश्न हैं उनका उत्तर देना चाहिए उन्होंने बच्चों को परीक्षा में सफल होने के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं

स्टेडियम में कार्यक्रम की व्यापक रुप से तैयारियां की जा रही है जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कलेक्टर सुदाम खाडे के साथ कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया

सिटी बस नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने कहा है कि शहरों में सिटी बसों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाये कल भोपाल में आयोजित एक बैठक में श्री सिंह ने कहा कि स्वीकृत बसों की खरीदी और संचालन की कार्यवाही समय सीमा में करें उन्होंने कहा कि जिन शहरों के लिए कोई टेंडर नहीं आए हैं उनके लिए फिर से टेंडर की कार्यवाही की जाये

संस्कृति मंत्री केन्द्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा आज ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे श्री शर्मा शहर की होटल अतिथि में आयोजित एक प्रैसवार्ता में भाग लेंगे इसके बाद वे चेंबर ऑफ कॉमर्स में ग्वालियर शहर के विकास के लिए पर्यटन और स्मार्ट सिटी पर बुद्धिजीवियों के साथ परिचर्चा में भाग लेंगे

गुरु रविदास चौदहवीं सदी के संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सुधारकों में से एक थे आज के दिन रविदास के अनुयायी उनके चित्र के साथ भजन कीर्तन करते हुए जुलूस निकालते हैं लाखों की संख्या में लोग वाराणसी में सीर गोवर्धनपुर स्थित श्री गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर में एकत्र होते हैं जहां बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविदास जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं एक संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि गुरु रविदास उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में से एक थे उन्होंने शांति सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया राष्ट्रपति ने देशवासियों से अपील की है कि ये ग्रु रविदास की शिक्षाओं का पालन करें और मानवता तथा सामाजिक समानता को बढ़ावा दें प्रदेश र्मे भी आज संत रविदास की जयंती पूरी श्रद्धा के साथ मनाई जायेगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई गणमान्य लोगों ने प्रदेशवासियों को रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल श्रीमती पटेल ने अपने श्भकामना संदेश में कहा कि संत रविदास समाज के लिये प्रेरणादायी पुरूष और अलौकिक ज्ञान के धनी थे उनके जीवन से सदाचार परोपकार और सद्व्यवहार की प्रेरणा मिलती है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोगों को रविदास जयंती की शुभकामना देते हुए लोगों से उनके बताये मार्ग पर चलने की अपील की है

इस मौके पर जिला मुख्यालय सहित तहसील स्तर पर शोभा यात्रा निकाली जायेगी साथ ही भण्डारे के आयोजन भी किये गये हैं कार्यशाला किसानों की आर्थिक समृद्धि के उपायों पर विचार विमर्श के लिये आज भोपाल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह कृषि मंत्री सचिन यादव विभिन्न सहकारी संस्थाओं नाबार्ड के अधिकारियों के साथ ही कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ किसान और कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थी शामिल होंगे खजुराहो नृत्य समारोह छतरपुर जिले के खजुराहो में कल से प्रतिष्ठित खजुराहो नृत्य समारोह शुरू होगा

पहले दिन कल दिल्ली की लिप्सा सत्पथी ओडिसी जयप्रभा मेनन मोहिनीअट्टम और गुवाहाटी की मृदुस्मिता दास और साथी सत्रिय नृत्य प्रस्तुति देंगे

दुर्घटना आकाशवाणी छतरपुर में पदस्थ दिनेश रजक की कल एक सड़क दुर्घटना मृत्यु हो गयी श्री रजक कानपुर से एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे तभी उनके वाहन को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी इस दुर्घटना में श्री रजक उनकी पत्नी पूत्री और वाहन चालक सहित पांच लोगों की मृत्यु हो गयी मौसम प्रदेश के मौसम में तापमान के उतार चढ़ाव का दौर जारी है अधिकांश स्थानों पर दिन में धूप खिलने से जहां गर्मी का असर बढ़ने लगा है वहीं रात में हवायें चलने और तापमान में कमी आने से सर्दी का अहसास बरकरार है राजधानी भोपाल में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दिन में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोत्तरी हुई वहीं शाम होते होते हल्की सर्दी भी पड़ रही है मौसम विभाग के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव का दौर अभी कुछ दिनों तक चलेगा और यह बदलाव राजस्थान पर बने चक्रवात के उत्तरप्रदेश की तरफ खिसकने से हो रहा है मौसम विभाग ने प्रदेश के कई स्थानों पर बादल छाये रहने और हवाओं का रुख बदलने से कई जगहों पर तापमान बढ़ने का अनुमान जताया है

किसानों के इस निर्णय की मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तारीफ की है

भोपाल सहित कई जिलों में दिन में गर्मी तो रात में अभी भी महसूस की जा रही सर्दी